बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में भी संघर्षविराम के उल्लंघन की खबर मिली है इस बीच पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर कल के हवाई हमलें के बाद भारतीय वायुसेना के जेट श्रीनगर और बडगाम जिले के ऊपर गश्त लगा रहे हैं

सीमावर्ती गांवों में पुलिस और अन्य सुरक्षाबल अत्यधिक सतर्क हो गये हैं खुर्फिया एजेंसियां निरंतर सक्रिय हैं जिले में वायुसेना के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस स्टेशन श्रीगंगानगर मिलिट्री स्टेशन साध्रवाली लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ सैनिक छावनी सीमा सूरक्षा बल के सभी बटालियन हैडक्वार्टर और सेक्टर हैडक्वार्टर और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट सहित लगभग सभी ऐसे सामरिक महत्व के स्थलों पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है इन स्थलों के आसपास पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं

कलेक्टर ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं उधर पाक सीमा से जुड़े बाड़मेर बीकानेर और जैसलमेर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीमा सुरक्षा बल की मदद से किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता लगाने के लिए तीनों जिलों के ग्रामीणों की मदद ली जा रही है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में ये जानकारी दी

विज्ञान भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं का है और उन्हें चाहिये कि वे सरकार से अलग हटकर भी देश को नई दिशा देने का काम करें

इस ऐप के माध्यम से युवा खिलाडी अपने शहर और प्रदेश में खेल मैदानों और वहां होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को जान सकेंगे साथ ही वे अपनी फिटनेस भी खुद जांच सकेंगे